नई दरें इस साल पहली जनवरी से लागू होंगी

इस अध्यादेश में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर गैर कानूनी तरीके से वैवाहिक संबंध तोड़ने को अपराध करार दिया गया है और इसके लिए तीन साल की संजा का प्रावधान किया गया है

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण पहले चरण के नियमों के अनुसार ही जारी रहेगा

इस नीति में भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के डिजाइन और विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र बनाने की रूपरेखा दी गई है

कार्मिक विभाग ने कल रात इसके लिये अधिसूचना जारी कर दी सरकार ने केन्द्र का तरीका अपनाते हुए सालाना आठ लाख रूपये से कम आय वार्ले परिवारों को इसके दायरे में रखा है पात्रता में आवास और भूमि संबंधी शर्त भी जोडी गई है

श्री मेघवाल ने कल रात बीकानेर में पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पुलवामा की यह घटना बेहद गम्भीर है और केन्द्र सरकार ने इसका माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं को स्वतंत्र कर दिया है उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी सदस्यों में से चार सदस्य आज भारत के साथ खड़े है

भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया ने बताया कि इस युवा संसद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा होंगे उन्होंने बताया कि अलवर और भरतपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष सांसद विधायक तथा अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे

नीरज के पवन ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रॉसिंग के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में योजना को पारदर्शी और त्वरित ढंग से लाग करने के लिये सुचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा लघ् सीमान्त कृषक सेवा पोर्टल बनाया गया है

यह सहायता राशि दो दो हजार की तीन किश्तों में दी जायेगी

गंगानगर किसान समिर्ति के संयोजक रणजीतसिंह राजू ने कल जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया गौरतलब है कि सात फरवरी को गंगानगर जिले में कई गांवों और ढाणियों में ओलावृष्टि से किसानों का काफी नुकसान हुआ है

निर्धारित तारीख को पोलियो बूथ पर नहीं आ पाने वाले बच्चों के लिए आगामी दो दिनों तक घर घर जाकर पोलियो खुराक पिलाने की व्यवस्था की गयी है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह तथा विशिष्ट शासन सचिव तथा मिशन निदेशक एनएचएम डा समित शर्मो ने कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में पोलियो अभियान की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की मिशन निदेशक ने पोलियो अभियान की निगरानी के लिये राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष गठित करने के भी निर्देश दिये

कार्यकम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अशोक बैरवा ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन के लिये बहुत आवश्यक है और इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है इस मौके पर खण्डार पंचायत समिति के प्रधान सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे

राजधानी जयपुर में जहां आज अल सुबह कई जगह बारिश हुई वहीं भरतपुर में सुबह हुई रिमझिम बरसात के कारण ठण्ड का असर बढ गया और किसानों को खलियान में कटी हुई रखी सरसों की फसल के नुकसान की चिंता सता रही है धौलपुर में भी सुबह से हल्की बुंदाबांदी का दौर जारी रहा नागौर में कल रात हल्की बरसात हुई वहीं बूंदी सवाईमाधोपुर और बीकानेर में भी कई स्थानों पर बारिश होने से सर्दी का असर बढ गया